क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने को मांग करते हुए क्षेत्र में बंद बुलाया जा रहा है जिला उपायुक्त राहुल सिंह ने प्रस्तावित बहत्तर घंटे के बंद के विषय पर रविवार को तत्काल रुप से एक समन्वय बैठक बुलाई जिला उपायुक्त ने लोगों से इस मुद्दे को जल्द उच्च अधिकारियों तक पहुचाने का आश्वासन देते हुए प्रस्तावित बंद को वापस लेने की अपील की उन्होंने कहा की बंद के दौरान प्रशासन व पब्लिक को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है

स्वर्ण जयंती समारोह में स्टॉल प्लेटफोर्म और पुल को जैविक व प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया गया त्योहार में शिक्षा मंत्री होनचुन ङान्दाम कृषि एवं बागवानी मंत्री वांग्की लोवांग व विधायी सचिव फोसुम खिमहुम भी शारिक हुए इस अवसर पर याजाली न्योकुम यूल्लो उत्सव समिति के अध्यक्ष टोको ज्योती ने उत्सव के संकल्पना के बारे में जानकारी दी उन्होंने शिक्षा मंत्री होनचुन ङान्दाम से प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों को प्रदेश के जनजातियों के त्योहार संस्कृति एवं परंपरा से अवगत कराने के लिए शिक्षण विधि तैयार करने की अपील की उत्सव में श्री ङान्दाम और वांग्की लोवांग ने युवाओं से अपने संस्कृति परंपरा को संरक्षित करने को कहा

उन्होंने कहा कि हर साल करदाता प्रसार भारती को दो हजार पांच सौ करोड़ रुपए देते हैं ताकि लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण के कार्यक्षेत्र को जीवंत और फलता फूलता हुआ बनाए रखा जा सके मेघालय और नगालैंड में कल होने वाले विधानसभा चुनावों की पूरी तैयारी कर ली गई है मतदान सुबह सात बजे शुरु होगा जो शाम चार बजे तक चलेगा नगालैंड के आंतरिक जिलों के कुछ मतदान केंद्रों पर तीन बजे तक मतदान होगा दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया दोनों राज्यों में साठ सदस्यीय विधानसभा है लेकिन मतदान उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों में कराया जा रहा है

मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं किसी प्रकार के एक्जिट पोल करने और उसके प्रकाशन पर कल शाम साढ़े चार बजे तक रोक लगा दी गई है दोनों राज्यों की विधानसभाओं की मतगणना शनिवार को की जाएगी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 आज का अधिकतम तापमान बीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सोलह दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया